इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है

नागौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि खींवसर विधानसभा उप चुनाव में कांग्रेस के हरेन्द्र मिर्घा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भाजपा गठबंधन के नारायण बेनीवाल के र्बीच कडा मुकाबला है उधर मंडावा विधानसभा सीट पर भी मुकाबला रोचक है यहां कांग्रेस और भाजपा ने महिला प्रत्याशियों पर दाव खेला है कांग्रेस ने जहां एक बारे फिर रीटा चौधरी को मैदान में उतारा है वहीं भाजपा ने सुशीला सीगड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रचनात्मकता की अपार शक्ति राष्ट्र निर्माण में लगाने की अपील की है

स्वायत शासन विभाग ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है इस लॉटरी में महापौर सभापति और पालिका अध्यक्ष के लिए वर्गवार और महिला आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा

सीकर से जयपुर के बीच ब्रॉड गैज रेलमार्ग पर कल से रींगस जयपुर के बीच भी रेल सेवा शुरू हो जाएगी रेलमंत्री पीयूष गोयल वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे गौरतलब है कि अब तक सीकर से रींगस के बीच ही रेलगाड़ी चल रही थी राज्य के कुछ जिलों में समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की खरीद के लिए किए जा रहे पंजीकरण की जांच की जाएगी

उन्होंने कहा कि जांच में सही पाये गये किसानों को ही तुलाई की तारीख आवंटित की जायेगी एवं जो पंजीयन सही नहीं होंगे उन्हें निरस्त किया जाएगा

ब्रंदी जिले में महाकवि सूर्यमल मिश्रण की जयन्ती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि ये आयोजन चार दिन तक चलेंगे

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एक दल ने सिरोही में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया दल के सदस्यों ने अस्पताल में दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए